राज्यसभा ने एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को पारित कर दिया है जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है राज्यसभा में मत विभाजन के दौरान एक सौ पैंसठ सदस्यों ने इसके पक्ष में और सात सदस्यों ने विरोध में मतदान किया विधेयक को प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का एआईएडी एमके वामपंथी दलों और अन्य सदस्यों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया विधेयक पर राज्यसभा में दस घंटे तक चली बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने कहा कि यह विधेयक अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि इस विधेयक को अच्छी मंशा के साथ लाया गया है और इसका उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है श्री गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया अगड़ी जातियों के आरक्षण से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान में जरूरी प्रावधानों के जरिये लाया गया है और चुनौती दिये जाने पर उच्चतम न्यायालय इसे खारिज नहीं करेगा बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता आनन्द शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है लेकिन उन्होंने इसे लाये जाने के समय पर सवाल उठाये उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखकर लाई है श्री शर्मा का यह भी आरोप था कि एनडीए सरकार के शासन के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार मात्र पंचानवे हजार नौकरियां ही सृजित कर पाई है श्री शर्मा ने सवाल किया कि जब नौकरियां ही नहीं हैं तो इस विधेयक से लोगों को फायदा कैसे होगा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने विधेयक का समर्थन करते हुए मांग की कि अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण बढ़ाकर चौवन प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पच्चीस प्रतिशत किया जाना चाहिए श्री यादव ने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उनकी दशा दलितों से भी खराब है एआईएडीएमके सदस्य नवनीत कृष्णन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है और कानून सम्मत नहीं है उन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक रूप से निर्धन लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जिन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है श्री कृष्णन ने कहा कि इस विधेयक से तमिलनाडु के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बाद में एआईएडीएमके सदस्यों ने विधेयक के विरोध में सदन से वॉक आउट किया तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने विधेयक के कानूनी कसौटी पर खरा उतरने पर संदेह व्यक्त किया उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक इस बात का प्रमाण है कि सरकार रोजगार सुजन के अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य और जनता दल यूनाइटेड के आर सी पी सिंह ने विधेयक का समर्थन किया बहस में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मौजूदा आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा श्री प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक के तहत राज्यों को आरक्षण के वास्ते लाभार्थियों की आय की सीमा तय करने की छूट होगी कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक के प्रावधानों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए किसी रिपोर्ट या आंकड़ों पर विचार नहीं किया केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया बहुजन समाज पार्टी के सतीश चन्द मिश्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण देने की मांग की उन्होंने कहा कि आय की इतनी ऊंची सीमा रखना अगड़ी जातियों के गरीबों के साथ छलावा है राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रफुल्ल पटेल ने चुनावों से पहले इस विधेयक को लाने पर सवाल उठाया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की तेलुगुदेशम पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी बहस में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक के पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें एक सौ चौवीसवां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन से सबका साथ सबका विकास के सपनों को साकार किया जा सकेगा

उसे विकास का पूरा लाम मिले उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद के मामले पर आज से सुनवाई शुरू करेगी इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एन बी रामन्ना यू यू ललित और डी वाई चन्द्रचूड़ शामिल हैं इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के निर्णय के विरुद्ध चौदह अपीलें उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बांटने का आदेश दिया था विभिन्न हिंदुत्व संगठन अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर पर अध्यादेश लाने का निर्णय लिया जा सकता है अवामी सहकारिता बैंक के सचिव अरशद अहमद की संपत्ति को बेनामी एक्ट के अंतर्गत जब्त किया जायेगा इस एक्ट के अंतर्गत नई दिल्ली में गठित एडजुकेटिंग ऑथरिटी ने अपना निर्णय दिया है सचिव के खिलाफ चौबीस बैंक खातों में जमा चालीस लाख से ज्यादा की अन्य संपत्तियां भी जब्त की जायेगी राज्य में आंध्र प्रदेश की मछलियों का सैंपल जिलों से भी लिया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों में हानिकारक रसायन मिलने की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग के साथ एक बैठक कर आगे की कार्रवाई की जायेगी पाण्डेय ने बताया जल्द ही जिलों से भी मछलियों का भी नमूना एकत्र किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्र सरकार की ओर से पिछड़े सवर्णो के लिए घोषित दस प्रतिशत आरक्षण को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सवर्ण आरक्षण पर संसद की मुहर दैनिक जागरण लिखता है अब हर गरीब आरक्षण का हकदार अखबार ने प्रधानमंत्री के हवाले से भी लिखा है किसी का हक मारे बगैर दिया सवर्णों को आरक्षण दैनिक भास्कर की सुर्खी है आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत कोटा राज्यसभा में छियानवे प्रतिशत वोट से पास प्रभाात खबर ने पिछड़े सवर्णों को आरक्षण पर संसद की मंजूरी के शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है